इनमें क्षेत्र में बागा चनोगी उप तहसील का लोकार्पण शामिल है मुख्यमंत्री ने बाग चनोगी को उपतहसील बनाए जाने पर लोगों को बधाई दी और कहा कि इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि सराज प्रदेश के सबसे दूर्गम निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और सरकार ने इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में मौजूद रहे अधिसूचना राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धर्मशाला में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने को मंजूरी दे दी है विधानसभा सचिवालय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

सड़क सम्पर्क लद्दाख की सीमा के साथ लगता लाहौल का अंतिम गांव योचे सड़क सम्पर्क से जुड़ गया है जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस गांव को जोड़ने वाले पुल का वर्चुअल लोकार्पण किया

मारकंडा ने बताया कि घाटी में कई अन्य पुलों और भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि राज्य के लगभग सभी स्कूलों में प्री प्राईमरी कक्षाएं शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे शिमला में एक बैठक में उन्होंने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र में प्री प्राईमरी स्कूलों में बच्चों का पंजीकरण बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि प्री प्राईमरी के विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और बच्चों को सरल भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी गोविंद ठाकुर ने बताया कि नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है उन्होंने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के तहत की गई पहल से दिव्यांगों में सकारात्मक बदलाव आया है भाजपा बैठक भाजपा के जिला व मण्डल अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक आज पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी सहप्रभारी संजय टंडन समेत अन्य नेता मौजूद रहे इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार व संगठन मिलकर कोरोना महामारी को लेकर मोर्चा सम्भालेगें और जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा इसके तहत महिला मोर्चा द्वारा मास्क बनाकर इन्हें जनता में वितरित किया जाएगा मेंट भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्ष अधिकारियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से भेंट की उन्होंने प्रदेश में अब तक के अनुभवों को मुख्यमंत्री से साझा किया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से समपर्ण के साथ कार्य करने को कहा ताकि लोग कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकें

निर्देश प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस कर्मियों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं

युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस के नव निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर ने कहा है कि संगठन में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए वे प्रयास करेंगे अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने आज शिमला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से भेंट की उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना उनका मुख्य उद्देश्य है और इस दिशा में तत्परता से कार्य किया जाएगा बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के टास्क फोर्स की बैठक आज धर्मशाला में हुई इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि बेटे और बेटियों में भेदभाव की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है